प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुयी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी

श्री गोयल ने बताया कि सरकार ने भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक के पुनः पूँजीकरण के लिए उसमें छह हजार करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय लिया है

वे आज नई दिल्ली में रेलवे सुरक्षा के बारे में अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे रेल मंत्री ने कहा कि सरकार सबसे अच्छे उपकरण लगाना चाहती है और अपराधों को रोकने तथा यात्रियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए आधनिक प्रौद्योगिकी लाना चाहती है सम्मेलन में रेल सुरक्षा बल आरपीएफ और राज्यों के राजकीय रेलवे पुलिस बल जीआरपी में चलती गाड़ी में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा शुरू करने की रूपरेखा पर विचार किया गया आरपीएफ ने इसके लिए एक मोबाइन एप्लीकेशन विकसित की है सम्मेलन का उदघाटन करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रेलवे में सुरक्षा तैयारियों को चाकचौबंद बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इस बारे में कमियों और खूबियों पर विचार किया जाना चाहिए गृह मंत्रालय इस बारे में रेलवे को यथोचित सहयोग देने को तैयार है उन्होंने ऑनलाइन प्राथमिकी की व्यवस्था की वकालत की और इसे केन्द्रीय अपराध ट्रेकिंग नेटवर्क सेवा सीसीटीएनएस से जोड़कर प्रभावी और सरल बनाने का भी सुझाव दिया

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पर छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत दिलचस्प होगी उन्होंने छात्रों से माई जीओवी ओपन फोरम की विशेष स्पर्धा में भाग लेने का आग्रह किया

आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नौवे अंतर्राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचाई सम्मेलन के उदघाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सिंचाई परियोजनाओं में वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय सुक्ष्म सिंचाई और आधनिक कृषि है तीन दिन के इस सम्मेलन में सुक्ष्म सिंचाई को बडे पैमाने पर बढावा देने के लिए प्रदर्शनी और जन जागरण अभियान का भी आयोजन किया जायेगा

सदन के नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीपी जोशी के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने अनुमोदन किया इसी तरह उप मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का विपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने अनुमोदन किया भाजपा तथा कांग्रेस के अलावा बहजन समाज पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी समेत अन्य पार्टियों के नेताओं और निर्दलीय विधायकों ने श्री जोषी के नाम का प्रस्ताव रखा और अनुमोदन किया विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में श्री जोशी को बधाई देते हुए कहा कि उनका सदन से पूराना नाता रहा है

नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी श्री जोषी को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि लोकतंत्र के संचालन की बड़ी जिम्मेदारी श्री जोशी के ऊपर है जिसे वे क्शलता के साथ संभालेंगे श्री कटारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदन में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभायेगी और लोकतंत्र को उंचाई तक पहंचाने में योगदान देगी विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद डॉ सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि सदन के सभी सदस्य उनके लिए समान है उन्होंने कहा कि वे सदन के कीमती समय का सद्गयोग करते हुए जनआकांक्षाओं पर खरा उतरेंगें लेकिन वह तभी संभव है जब सदस्यों को नियमों की जानकारी होगी

बाद में अध्यक्ष ने विधानसभा नियमों और परंपराओं का हवाला देते हुए शांत करवाया

इससे पहले विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दलों की बैठक हई जिसमें सदन से जुडी रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई

वरिष्ठ लेखक तथा पत्रकार फारूक आफरीदी तथा लोकेष शर्मा को मुख्यमंत्री कार्यालय में विषेषाधिकारी के रूप में नियुक्त दी गयी हैं श्री आफरीदी पहले भी मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी रह चुके हैं

स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि बीमारी के लक्षणों का पता लगते ही तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए

श्री मीना जम्मु कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड के दौरान घायल हो गए थे

एक महीने तक चलने वाले इस महोत्सव में जागरूकता कार्यक्रमों के जरिये लोगों को ईंधन बचाने के लिए प्रेरित किया जायेगा पीसीआरए के उप निदेशक मेजर दीपक गुप्ता ने बताया कि इस दौरान रैलियों प्रतियोगिताओं और रोड़ शो के माध्यम से आमजन को इससे जोड़ा जायेगा